ये हादसा जिले के पापडी गांव की रेलवे पुलिया पर बस के अनियंत्रित हो जाने से हुआ हमारे ब्रंदी संवाददाता ने बताया कि बस में सवार लोग एक शादी समारोह में भात भरने के लिए सवाईमाधोपुर जा रहे थे तब ये हादसा हुआ

एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारतीय वायु सेना के जाबाज योद्वाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्व की गई सफल कार्रवाई थी उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई है और अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए हम सीमा पार जाकर भी कार्रवाई से नहीं हिचकते पिछले वर्ष आज ही के दिन की गई एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आंतकवादी मारे गये थे

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर लेकर दरगाह पहुंचे उन्होंने मजार पर अकीदत के फूल पेश किये और प्रधानमंत्री का संदेश पढकर सुनाया अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सद्भावना और सौहार्द के आदर्श के रूप में ख्वाजा साहब की दरगाह दुनियाभर से विभिन्न आस्था और मान्यताओं के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है

राजस्थान का साझेदार असम राज्य को बनाया गया है आज हम आपको आकाशवाणी जयपुर द्वारा असम की संस्कृति पर बनाये गये गीत के कुछ अंश सुनाने जा रहे है